हवाई अडडे पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और मिनिस्टिर इन वेटिंग किशन कपूर राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे

राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं सतर्कता सप्ताह सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए आज प्रदेश भर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है इस वर्ष का विषय है भ्रष्टाचार मिटाओ नया भारत बनाओ इस दौरान प्रदेश में भी भ्रष्टाचार के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए कई कार्यकम आयोजित किए जाएंगे

यह विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है और इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है

इस प्रतिमा को गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित साधू बेट द्वीप पर बनाया गया है

उन्होंने कहा कि सुरक्षा के मददेनजर मेला क्षेत्र को नाईट वीजन सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है उन्होंने बताया कि कि मेले में किन्नौरी उत्पादों की बिकी करने वालों को निशुल्क स्टॉल दिए जाएंगे और इस दौरान प्रदर्शिनियां भी लगाई जाएगी हॉकी टूर्नामेंट मेजर ध्यानचंद राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता कल ऊना के इंदिरा गांधी खेल परिसर में शुरू होगी

प्रतियोगिता का शुभारंभ ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर करेंगे एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने राष्ट्रपति के दौरे से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है मेघावियों को सम्मानित करने आज हिमाचल आएंगे राष्ट्रपति पंजाब केसरी का शीर्षक है आज हिमाचल पहुंचेंगे राष्ट्रपति टांडा मेडिकल कालेज में आज और एचपीयू में कल दीक्षांत समारोह की करेंगे अध्यक्षता दिव्य हिमाचल के शब्द हैं राष्ट्रपति आज टीएमसी में बांटेंगे डिग्रियां दैनिक जागरण के अनुसार कोविंद खाएंगे सिडडू घी बदाने का मीठा पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता पर पंजाब केसरी का शीर्षक है इंडियन ओपन पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता शुरू न्यूजीलैंड के मैट रहे पहले स्थान पर

मनाली लेह ट्रैक पर चलेगी हवाई जहाज जैसी बोगियों वाली रेल शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है दुनिया की सबसे उंची रेललाइन पर यात्रियों को कम आक्सीजन वाले क्षेत्रों में सांस लेने में नहीं होगी दिक्कत दैनिक भास्कर की एक खबर है प्रोजेक्ट निर्माण में देरी पर पावर कारपोरेशन से मांगा जवाब

इसी पत्र की एक खबर है निजी फर्म का कांट्रेक्ट रदद करने की तैयारी धर्मशाला में बस अडडा बनाए बिना पार्किंग फीस वसूलने की जांच पूरी

दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है शिमला कालका ट्रैक पर तेज दौड़ेगी ट्रेन नई तकनीक के जरिए रेलवे ट्रैक की बढ़ाई जा रही है उंचाई आपका फैसला ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है मन की बात कार्यक्रम देश में ही नहीं विदेश में भी लोकप्रिय एक नजर संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय संयम से सफलता में लिखा है गुस्से में व्यक्ति ऐसे कदम उठाता है जो किसी के हित में नहीं होते इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हों खुद पर नियंत्रण पाने की कला सबको सीखनी चाहिए